स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निश्ल्क टीका लगवा सकते हैं

श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निश्ल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निश्ल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और स्रक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में प्री शक्ति से ज्टी हई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है

आई एम ए के प्रदेश इकाई ने बताया कि पांच जिलों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का कार्य संपन्न हो गया है और अन्य अद्वारह में कार्य समाप्ति की कगार पर है संघ ने जानकारी दी कि अद्वाईस अप्रैल से अद्वारह से पैतालीस आय् वर्ग के पात्र व्यक्ति कोविन पोर्टल पर टीके के लिए अपनी रेजिस्टर करवा सकते है

इन नए मामलों में राजधानी क्षेत्र ईटानगर से चौतीस लोअर दिवांग वैली से बीस पापुम पारे से बारह वेस्ट कामेंग से ग्यारह और ईस्ट सियांग से दस मामले सामने आए है इस दौरान उन्नीस मरीज स्वस्थ हो गए है जिसके साथ स्वास्थ्य होने वाली की संख्या सोलह हजार नौ सौ चालीस हो गए है वर्तमान में राज्य में कोरोना के पांच सौ पचास सक्रिय मामले है अबतक इससे छप्पन लोगों ने अपनी जान गवां दी है

दोनों ड्रग्स विक्रेताओं से संदिग्ध वर्जित ड्रग्स बरामद किए गए प्लिस ने दोनों अभिय्क्तों को दोबोम रिविर साईट क्षेत्र से धर दबोचा प्लिस ने कंट्राबेंड ड्रग्स को कब्जे में लेते हए कल बंदरदेवा प्लिस स्टेशन में एन डी पी एस अधिनियम के तहत दोनों ड्रग्स विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया

राज्यपाल ने आशा व्यक्त किया की दोनों सम्दायों का त्योहार राज्य में समृद्धि की सूत्रपात करेंगे और विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देंगे वहीं श्री खांड् ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता समुदाय का बड़ा या छोटा होना उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर किसी के साथ समान व्यवहार करेंगे ताकि हर सम्दाय जनजातियों और जिलों में विकास का फल एक समान वितरित किया जाए

दोनों अभिय्क्तों को जीरो स्थित होंग गांव से गिरफ्तार किया गया दोनों को यौन अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अन्भाग के तहत ब्क किया गया

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की पंचायतों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी